श्री मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में कोविड उन्नीस से लड़ाई में कोरोना योद्धाओं के सेवाभाव और समर्पण को नमन किया

और प्रदेश में सादगी से मनाया जा रहा है स्वतंत्रता दिवस

देश आज चौहत्तरवां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है कोविड महामारी के संकट के बीच देशवासियों का उत्साह कम नहीं हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर पर लगातार सातवीं बार तिरंगा फहराया और परेड की सलामी ली प्रधानमंत्री ने अपने संबोंधन में कोरोना वॉरियर्स के सेवाभाव को नमन करते हये कहा कि इनके समर्पण और विशिष्ट सेवा भाव के कारण देश कोरोना से लड़ने में सफल हो रहा है श्री मोदी ने देश के विभिन्न हिस्सों में बाढ़ के कारण जनहानि पर द्ःख जताते हये कहा कि विपदा की घड़ी में हम सभी पीड़ितों के साथ खड़े हैं श्री मोदी ने स्वतंत्रता के लिये बलिदान देने वाले वीर सेनानियों को याद करते हुये कहा कि बापू के नेतृत्व में उन्होंने अतुलनीय बलिदान देकर हमे आजादी का उपहार दिया है आजादी के इन बलिदानियों को हम नमन करते हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि देश को आत्मनिर्भर भारत बनाना है श्री मोदी ने कहा कि देश में कच्चे माल की प्रचुरता है

उन्होंने आजाद भारत में वोकल लोकल फोर का नारा दिया

उन्होंने कहा कि इस अभियान से देश के हेल्थ सेक्टर में नई क्रांति आयेगी यह देशवासियों के हेत्थ रिकॉर्ड को एक जगह रखने का एक बड़ा अभियान होगा किसी व्यक्ति की हर बीमारी हर टेस्ट डॉक्टर द्वारा दी गयी दवा और स्वास्थ्य संबंधी रिपोर्ट एक हेल्थ आईडी में समाहित होगी प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना टीका बनाने के लिये तीन तीन वैक्सीन इस समय परीक्षण के चरण में हैं टीका बनने के बाद देश भर में इसे कैसे उपलब्ध कराया जायेगा इसकी भी योजना बना ली गई है

यह असंतुलित विकास आत्मनिर्भर भारत के लिये चुनौती है जिसे दूर करने के लिये हर क्षेत्र को आगे बढ़ाने के प्रयास किये जा रहे हैं

लेकिन हमारे देश के जवानों ने उसका मुंहतोड़ जवाब दिया है उन्होंने लद्दाख में शहीद सेना के जवानों की सहादत को नमन किया प्रधानमंत्री ने कहा कि एलओसी से लेकर एलएसी तक देश विरोधी ताकतों का मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है इस बार के स्वतंत्रता दिवस समारोह में सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल करते हुये कम संख्या में ही विशिष्ट मेहमान शामिल हुये इस बार स्कूली बच्चों को समारोह में शामिल नहीं किया गया है चौहत्तरवां स्वतंत्रता दिवस आज प्रदेश भर में उल्लासपूर्वक मनाया जा रहा है मूख्य राजकीय समारोह पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में सादगी के साथ आयोजित किया गया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने झंडोत्तोलन किया और परेड की सलामी ली राज्यवासियों को अपने संबोधन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के समक्ष कोविड उन्नीस महामारी और बाढ़ के संकट का उल्लेख किया उन्होंने कहा कि दोनों चुनौतियों से मजबूती से निपटा जा रहा है श्री कुमार ने लोगों से कोविड उन्नीस महामारी से निपटने में सहयोग करने और मास्क पहनने तथा सुरक्षित दूरी का पालन करने की अपील की श्री कुमार ने कहा कि राज्य में अपराध पर प्रभावी तरह से अंकुश लगाया गया है और सामाजिक सौहार्द का वातावरण बरकरार है

गांधी मैदान में इस बार मात्र दो हजार लोगों के प्रवेश की ही अनुमति दी गयी है बच्चे और बूजूर्गों को प्रवेश नहीं दिया गया सभी लोगों को मास्क के साथ ही समारोह में भाग लेने की अनुमति दी गयी है इस अवसर पर पुलिस कर्मी डॉक्टर नर्स और प्लाजमा डोनर समेत विभिन्न कोरोना वारियर्स को सम्मानित किया गया जिला मुख्यालय से हमारे संवाददाताओं ने बताया कि कोरोना संक्रमण के मद्देनजर स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर विशेष एहतियात बरता जा रहा है इस बार जिलों में प्रभारी मंत्रियों ने झंडोत्तोलन नहीं किया विभिन्न जिला मुख्यालयों में प्रमंडलीय आयुक्त या जिलाधिकारी ने तिरंगा फहराया विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुये झंडोत्तोलन किया जा रहा है स्वतंत्रता दिवस समारोह के मद्देनजर राजधानी पटना समेत पूरे प्रदेश में सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था की गयी है सभी संवेदनशील स्थानों पर पुलिस बलों की तैनाती की गयी है रेलवे स्टेशनों पर निगरानी बढ़ा दी गयी है विभिन्न स्थानों पर आने जाने वालों पर विशेष नजर रखी जा रही है राज्यपाल फागू चौहान ने राजभवन में राष्ट्रीय ध्वज फहराया राज्यपाल ने प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की श्भकामनाएं दी विधान सभा परिसर में अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी और विधान परिषद में कार्यकारी सभापति अवधेश नारायण सिंह ने तिरंगा फहराया विभिन्न राजनीतिक दलों संस्थाओं के कार्यालयों में भी राष्ट्रीय ध्वज फहाराया गया प्रदेश में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है सोलह जिलों में तेरह सौ तीन पंचायतों की इक्यासी लाख से अधिक की आबादी बाढ़ की चपेट में है वाल्मीकिनगर गंडक बराज से नदी में लगातार पानी छोड़े जाने के कारण पश्चिम चंपारण पूर्वी चंपारण सारण और मुजफ्फरपुर के कई नये इलाकों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है कल शाम बराज से दो लाख चौबीस हजार क्यूसेक पानी नदी में छोड़ा गया जिससे एक बार फिर नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ने लगा है हमारे पश्चिम चंपारण संवाददाता ने बताया है कि नदी के तटवर्ती गांवों से लोगों को ऊचे स्थानों पर पहंचाया जा रहा है दरभंगा जिले में बाढ़ से हालात अत्यंत खराब है जिले में बीस लाख से अधिक लोग आपदा से प्रभावित हैं दरभंगा के ग्रामीण क्षेत्रों के साथ साथ शहरी क्षेत्रों कई इलाकों में अब भी घुटनों के ऊपर तक जलजमाव है पिछले तेईस दिनों से जलजमाव के कारण कई इलाकों में महामारी का खतरा मंडराने लगा है प्रदेश में बाढ़ के कारण उन्नीस जिलों में लगभग नौ लाख हेक्टेयर क्षेत्र में खेतों में लगी फसल को नुकसान हुआ है कृषि विभाग के प्रारंभिक आकलन के अनुसार सबसे अधिक नुकसान मुजफ्फरपुर जिले में हुआ है यहां एक लाख आठ हजार हेक्टेयर क्षेत्र में खड़ी फसल नष्ट हुई है वहीं सीतामढ़ी जिले में पचासी हजार हेक्टेयर क्षेत्र और दरभंगा जिले में लगभग चौरासी हजार हेक्टेयर क्षेत्र में फसल क्षति हुई है बाढ़ का पानी निकलने के बाद अंतिम सर्वेक्षण किया जायेगा जिसके आधार पर किसानों को फसल क्षति का मुआवजा दिया जायेगा प्रदेश में कोविड उन्नीस संक्रमण का आंकड़ा बढ़कर अंठानवे हजार तीन सौ सत्तर हो गया है पिछले चौबीस घंटों के दौरान राज्य में कोरोना संक्रमण के तीन हजार नौ सौ ग्यारह नये मामले सामने आये हैं सबसे अधिक पटना से चार सौ चौरासी मामलों की पुष्टि हुई है वहीं स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर पैंसठ हजार तीन सौ सात हो गयी है जबकि स्वस्थ होने की दर छियासठ दशलमव तीन नौ प्रतिशत है वहीं एक दिन में सोलह लोगों की मौत के साथ ही मृतकों का आंकड़ा बढ़कर पांच सौ हो गया है प्रदेश में लगातार रिकॉर्ड संख्या में कोविड उन्नीस की जांच की जा रही है स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पिछले चौबीस घंटों में सभी जिलों में एक लाख इक्कीस हजार तीन सौ बीस नमूनों की जांच हुई है यह राज्य में कोविड उन्नीस जांच का सबसे बड़ा आंकड़ा है पटना जिले में कोविड संक्रमण के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है जिले में चार सौ चौरासी नये मामलों की प्रष्टि के बाद संक्रमितों की संख्या बढ़कर पन्द्रह हजार आठ सौ अड़सठ हो गयी है महामारी से जिले में अब तक चौरानवे लोगों की मौत हो चुकी है देश में कोविड उन्नीस संक्रमण का आंकड़ा बढ़कर पच्चीस लाख छब्बीस हजार से अधिक हो गया है इस महामारी से अब तक अठारह लाख आठ हजार से अधिक लोग स्वस्थ हो चूके हैं जबकि उनचास हजार छत्तीस लोगों की मृत्यू हो गयी है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने पहले पन्ने पर चौहत्तरवें स्वतंत्रता दिवस की बधाई और शुभकानाओं को जगह दी है इसके साथ ही अपने मास्टहेड को तिरंगे में प्रस्तुत किया है सभी अखबारों ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के संदेश को प्रमुखता से प्रकाशित किया है हिन्दुस्तान की सुर्खी है गर्वः चौरासी रणबांकुरे बहादुरी पुरस्कार से होंगे सम्मानित दैनिक भास्कर ने बिहार भाजपा का प्रभारी बदले जाने को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुये शीर्षक दिया है बिहार चुनाव भाजपा के अभियान की कमान संभालेंगे फडणवीस दैनिक जागरण ने लिखा है गांधी मैदान से आज मुख्यमंत्री कर सकते हैं कुछ नई घोषणाएं प्रभात खबर ने कोरोना के खिलाफ स्वदेशी वैक्सीन विकसित किये जाने को बड़ी खबर बनाते हुये लिखा है बस कुछ महीनों का इंतजार कई देशी वैक्सीन होंगी तैयार आज अखबार लिखता है चिराग पासवान ने आज बुलाई आपात बैठक

श्री मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में कोविड उन्नीस से लड़ाई में कोरोना योद्धाओं के सेवाभाव और समर्पण को नमन किया

और प्रदेश में सादगी से मनाया जा रहा है स्वतंत्रता दिवस